लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात से ठंड बढ़ी जमाव बिंदु से नीचे लुढ़का पारा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

इसका आयोजन नीति आयोग और पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत अपने ऊर्जा के उपभोग को दोगुना करने वाला है और भारत ऊर्जा के एक बहुत बड़े उपभोक्ता के रूप में उभरेगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने स्वास्थ्य विभाग को घर पर आइसोलेशन में रह रहे सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मैडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये महसूस किया गया है कि घर में आइसोलेशन में रह रहे लोग उस समय अस्पताल जाते हैं जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा सूचना और संचार पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कोरोना जैसे लक्षण सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा सकें जयराम ठाक्र ने कहा कि केन्द्र सरकार के मास्क अप अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सकों को अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीजों से मिलने को कहा ताकि उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना देखभाल केन्द्रों में भर्ती रोगियों को गर्म पानी और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू में देव समाज कारदार संघ की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ने का संस्कृति एक सशक्त माध्यम है और मेले व त्योहार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्होंने संस्कृति के संवर्द्वन व संरक्षण के लिए मिलजूल कर प्रयास करने का आहवान किया बैठक में देव समाज से संबंधित विभिन्न मुददों पर चर्चा की गई कारदार संघ के प्रतिनिधियों ने मंदिरों के रखरखाव के लिए रिवॉल्विंग फंड को पंचायत या बीडीओ के बजाए सीधे कारदार संघ को देने की मांग की गोविंद ठाक्र ने कहा कि कारदार संघ की सभी मांगों पर चर्चा के लिए अगले महीने शिमला में बैठक होगी सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा जिले के खड़ीवही में सामुदायिक भवन का उदघाटन किया उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गो व महिलाओं का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज चैखणाधार में पेयजल योजना के भूमि पूजन के अवसर पर बताया कि हर घर में नल के माध्यम से पेयजल पहंचाना सरकार की प्राथमिकता है

बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिकम ठाक्र ने पूर्व सांसद राजन सुशांत पर निजी स्वार्थों के लिए राज्य सरकार के खिलाफ भ्रामक व झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और कई योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है बिक्रम ठाकुर ने राजन सुशांत पर अवसरवादी होने का आरोप भी लगाया

चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता में किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि इस दौरान किसानों के हस्ताक्षर करवाकर इन विधेयकों को पारित करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से कृषि क्षेत्र में कांति आएगी और किसानों को लाभ होगा

बस सेवा कांग्रेस पार्टी ने रविवार के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य परिवहन निगम की बसें न चलाने पर एतराज जताया है कांग्रेस सचिव हरि कृष्ण हिमराल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से परिवहन निगम की अव्यवस्था के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और रविवार के दिन अधिकतर बसें नहीं चलती उन्होंने राज्य सरकार और परिवहन निगम से ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाएं सुचारू बनाने का आग्रह किया है मौसम लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बीती रात हल्का हिमपात होने से जिले में ठंड बढ़ गई है जिले के रिहायशी इलाकों पर भी इस मौसम का पहला हिमपात हुआ है रोहतांग दर्रा बारालाचा दर्रा और लेडी ऑफ केलंग सहित अन्य सभी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछ गई है इन इलाकों में एक से दो इंच तक बर्फबारी हई है इस बर्फबारी के बाद कोक्सर और दारचा में न्यून्तम तापमान माइनस चार डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है राज्य के अन्य भागों में भी सुबह शाम के तापमान में लगातार गिरावट जारी है पैराग्लाइडिंग मंडी जिले में सराज क्षेत्र के सपेणीधार में जल्द ही पैराग्लाइडिंग शुरू होगी वन विभाग की तकनीकी समिति ने सपेणीधार को पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त पाया है और बीड़ बीलिंग की तरह यहां भी साहसिक गतिविधियां शुरू होंगी पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के उपनिदेशक पंकज शर्मा ने मंडी में बताया कि अब ये मामला मंजूरी के लिए सरकार को भेजा गया है गणेशदत्त हिमफैड के अध्यक्ष गणेशदत्त ने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों पर किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों को रेल पटरियों पर बिठा कर रेल मार्ग बाधित करवाया जा रहा है जिससे हिमाचल सहित अन्य राज्यों में खाद की कमी सामने आ रही है गणेशदत्त ने कहा कि खाद की खेप बीच रास्तों में ही रूकी हई हैं कीमत प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने केंद्र व राज्य सरकार से सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने की मांग की है पार्टी के मानवाधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्याज आलू और टमाटर की कीमतों में काफी वृद्धि हुई हैं जिससे गरीब तबके के लोग प्रभावित हुए हैं उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए